इस विधेयक का उद्देश्य कुछ खास श्रेणियों के अवैध अप्रवासियों को मौजुदा कानुन के प्रावधानों से छट देने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है

ये समुदाय हैं हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई कांग्रेस टीएमसी और डीएमके पार्टियों के सदस्यों ने सदन में विर्धेयक पेश किए जाने का विरोध किया कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह कहते हुए विधेयक का विरोध किया कि यह प्रतिगामी कदम है शिवराज धरना भोपाल में लगभग आठ माह पहले एक बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान धरने पर बैठे हैं श्री चौहान के साथ पुर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता विधायक रामेश्वर शर्मा और अन्य नेता भी धरने पर बैठे हैं श्री चौहान अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री निवास की ओर बढे लेकिन पुलिस ने उन्हें बाणगंगा चौराहे से आगे नहीं जाने दिया इसके बाद श्री चौहान अपने सीमित प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे

यात्रा इस भ्रमण के दौरान वाहनों के माध्यम से गांधी जी के जीवन पर आधारित वीडियो संदेशों का प्रदर्शन करने के साथ उनके विचारों को जन जन तक पहंचाया जाएगा

किसान सलाह सतना जिले में किसानों के लिए कृषि विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि किसान सरसों की फसल में पहली सिंचाई की व्यवस्था करें

खेल प्रतियोगिताएं भोपाल के तात्या तोपे स्टेडियम में आज से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो रही है

केन्द्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुण्डा कार्यक्रम के विशेष अतिथि होंगे इनमें से टीटी नगर स्टेडियम में एथलेटिक्स बैडमिंटन कबड्डी कराटे व्हाली बॉल बॉक्सिग कुश्ती बॉस्केट बॉल ताईक्वांडो और टेबल टेनिस प्रतियोगिताएं होंगी

मौसम उत्तर की ओर से आ रही सर्द हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल द्वारा आज जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम तापमान हिल स्टेशन पचमढ़ी में सात दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

फाउंटेन की शुरुआत महात्मा गांधी के जीवन पर बनी एक फिल्म से होगी

किसान का कहना है कि उसकी जमीन का मामला और भ्रष्टाचार सहित अन्य मामले नहीं सुलझाए जा रहा है और वह परेशान है

पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव आज खण्डवा प्रवास पर आए हैं